एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी

गृह विभाग ने सभी सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक राजनीतिक रामलीला और रावण दहन कार्यकम में जन समूह और धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं ये सभी नियम कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएगे गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी तरह के कार्यक्रमों के लिये खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइज थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ लोगों को एकत्रित किया जा सकता है

जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी जांच में कुछ दवा स्टोर्स के नाम भी सामने आये हैं जिनके दवाइयों के स्टॉक की पड़ताल की जा रही है

इस मामले में अब तक खाराकुआ थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उक्त घटना पर दुःख जताते हुए कहा है कि कई जिलों से शराब माफियाओं के अवैध शराब कारोबार की निरंतर शिकायतें मिल रही हैं सरकार को इस पर जल्द ही अंकुश लगाना होगा

जिनमें सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीजों और कोविड के मामलों की जांच की जा रही है

वहीं अब तक दो हजार से अधिक मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं

छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है

नाम निर्देशन पत्र जमा करने की कल अंतिम तारीख है

इंदौर जिले के सांवेर से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा कलाम जयंती पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें देश भावभीनी श्रद्दांजलि दी उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि डॉ कलाम सादगी और ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्र के विकास में डॉक्टर कलाम के योगदान को कभी नहीं भूल सकता उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा लाखों लोगों को मजबूती प्रदान करती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मिसाइलमैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन किया वहीं प्रदेश में आज से राष्ट्रीय अविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है छड़ी दिवस आज विश्व सफेद छड़ी दिवस है यह दिवस दृष्टि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है

वहीं नीमच जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम लोगों को हाथ धोने की विधियों के बारे में और व्यक्तिगत स्वच्छता रखने के बारे में जागरूक किया गया

पोस्ट पेमेंट बैंक योजना होशंगाबाद जिले के आदिवासी विकासखंड केसला में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना आदिवासी हितग्राहियों के लिए संचालित की जा रही है योजना के तहत आदिवासी हितग्राहियों और विद्यार्थियों को बैंकिंग सेवाएं बहुत सरल तरीके से दी जा रही है इस दौरान पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से केसला में ग्रामीणों को स्थित पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं और नगदी आहरण व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है

इस अवसर पर नीमच में कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित किया गया